कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

तीन आसान उपायों का पालन करें और सरक्षित रहें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया इसके लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर करेगी इस खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जीवन रक्षक दवाओं ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर मेडिकल उपकरण आदि की खरीद तथा परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं में छट देने संबंधी प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया मंत्रिपरिषद ने नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का भी फैसला किया बैठक में निर्णय किया गया कि जिलों में संक्रमण की स्थिति के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा लोगों को राहत देने के लिए प्रभारी जिलों का नियमित दौरा करेंगे मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने संक्रमण के गहराते संकट देखते हुए सभी लोगों से स्वअनुशासन में रहने तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कल मीडिया को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि वायरस का स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जल्द ही एमएमएस मेडिकल कॉलेज में जिनोम सिक्वेसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने बताया कि यह सुविधा देशभर में केवल दस जगहों पर है जहां हर राज्य से सैम्पल भेजे जाते हैं चिकित्सा मंत्री कहा कि विशेषज्ञों ने देश में तीसरी और चौथी लहर की आशंका जताई है इसे देखते हए सरकार ने इससे निपटने के लिए बच्चों के अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने का काम शुरू कर दिया है

साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा घर घर सर्वे भी करवाया जा रहा है कई जिलों में अनावश्यक घ्रमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है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

सरकार की ओर से बताया गया है कि इन जिलों में अजमेर धौलपुर सिरोही अलवर बीकानेर झालावाड करौली पाली टोंक बांसवाडा दौसा कोटा तथा उदयपुर शामिल हैं

जयपुर की जामा मस्जिद में कल आयोजित हुई हिलाल कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने बताया कि आज रोजेदार तीसवां रोजा रखेंगे और कल ईद मनाई जाएगी

इसे विवाह के लिए अब्रूझ सावा माना जाता है लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ज्यादातर शादियां टाल दी गई हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोग बडी संख्या में स्वविवेक से शादियों का स्थगित करने का निर्णय कर रहे हैं ऐसे में अन्य लोग भी इस पहल में भागीदारी बनकर कोविड की चुनौती से निपटने में राज्य सरकार का सहयोग करें उन्होंने ईद के मौके पर भी आग्रह किया कि लोग अनुशासन का परिचय देकर घर पर रहकर ही अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं